लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के इंदौर सहित छह राज्यों के छह स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से ज्ड़ी परियोजनाओं लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी

मध्यप्रदेश को उल्लेखनीय कार्य के लिये द्सरा स्थान प्राप्त हुआ म्ख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वर्च्अल रूप से यह प्रस्कार प्राप्त किया

कार्यक्रम को संबोधित करने हये म्ख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है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

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी तैयारी के लिए राज्यों के प्रम्ख स्वास्थ सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर पर्वाभ्यास किया जाएगा इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली च्नौतियों का पता लगाना तथा इससे ज्डे लोगों को प्रशिक्षित करना है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण अभ्यास का उददेश्य उन समस्याओं का पता लगाना है जिन्हें पहले चरण में ठीक किया जा सके उन्होंने राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया

इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल राशि नकद लेने की व्यवस्था आज पहली जनवरी से प्री तरह समाप्त करने की घोषणा की थी

टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भ्गतान लिया जाएगा

नया साल प्रदेश भर में नए साल का जश्न जारी है लोग विभिन्न पिकनिक स्थलोंपर्यटन केन्द्रों और धार्मिक स्थलों पर जाकर परिवार के साथ नए साल का आनंद उठा रहे हैं नए साल के पहले दिन आज देवास जिले में निवासियों ने एक दूसरे को बधाई देकर नववर्ष की अगवानी की

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी